भ्रष्ट तरीके से सम्पत्ति जमा करने के आरोप में निलंबित मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ प्रलिस अधीक्षक विवेक कुमार के तीन बैंक लॉकरों को खोले जाने के बाद अब तक एक करोड़ सोलह लाख रूपये से अधिक मूल्य की सम्पत्ति का खूलासा हुआ है विशेष निगरानी इकाई द्वारा विवेक कुमार के बिहार और उत्तर प्रदेश में विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई आज चौथे दिन भी जारी रही निगरानी ने वरिष्ठ आईपीएस के छह लॉकर का पता लगाया है उससे मुजफ्फरपुर स्थित सरकारी आवास में प्रछताछ की जा रही है जांच के लिए एक टीम हरियाणा भी पहुंच गयी है छापेमारी के दौरान लाखों रूपये के गहने निवेश के दस्तावेज और कई अवैध हथियार भी बरामद किये गये हैं निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने गया जिले में सदर अनुमंडल पदाधिकारी के विधिक प्रकोष्ठ के आदेशपाल राजकुमार को बीस हजार रूपये घूस लेते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया उसे प्रछताछ के लिए पटना स्थित मुख्यालय लाया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और पूर्व मूख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत सभी ग्यारह प्रत्याशियों को विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है निर्वाचन पदाधिकारी सह विधानसभा के सचिव रामश्रेष्ठ राय द्वारा ग्यारह प्रत्याशियों को निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र सौंपा गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्वाचन का प्रमाण पत्र उनके अधिकृत प्रतिनिधि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का प्रमाण पत्र विधायक भोला यादव ने उनकी अनुपस्थिति में प्राप्त किया इसके अलावा भाजपा से उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और पूर्व केन्द्रीय मंत्री संजय पासवान ने निर्वाचन का प्रमाण पत्र लिया जदयू के रामेश्वर महतो खालिद अनवर राजद के दो प्रत्याशी रामचंद्र पूर्वे खुर्शीद मोहसिन कांग्रेस के प्रेम चंद्र मिश्रा और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के संतोष सुमन निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये राज्य में इंटर पास करने वाली बालिकाओं को दस हजार और स्नातक पास करने पर पच्चीस हजार रूपये प्रोत्साहन राशि दी जायेगी यह राशि कन्या उत्थान योजना के तहत प्रदान की जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी छात्राओं को मिलने वाली पोशाक योजना की राशि भी बढ़ा दी गयी है पहली से बारहवीं तक की छात्राओं को दो सौ से पांच सौ तक की बढ़ी हुई राशि मिलेगी छात्राओं को सेनेटरी नेपकीन के लिए मिलने वाली राशि डेढ़ सौ रूपये से बढ़ा कर तीन सौ रूपया कर दी गयी है एक अन्य फैसले में तेजाब हमले की पीड़ित महिलाओं को मिलने वाली पेंशन में चालीस प्रतिशत जले होने की शर्त को भी समाप्त कर दिया गया है इसके अलावा आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को पोशाक के लिए चार सौ रूपये दिये जायेंगे केन्द्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने आज कहा कि दलित पिछड़ा बहुल निजी हॉस्टलों में भी छात्रों को सस्ते दर पर सरकार की ओर से अनाज दिया जायेगा श्री पासवान आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस योजना को चालू सत्र से लागू किया जायेगा इससे पहले अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के सरकारी हॉस्टल के लिए दो रूपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ और तीन रूपये किलो की दर से चावल देने की योजना इस महीने की पन्द्रह तारीख से लागू की जा चुकी है केन्द्र सरकार ने कहा है कि पुलिस अधिकारियों को यौन शोषण अपराधों के संबंधित सबूत एकत्र करने और उन्हें सुरक्षित रखने का फिर से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्रों में महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने यौन शोषण अपराधों से निपटने के लिए उठाये गये आवश्यक कदमों का उल्लेख किया श्रीमती गांधी ने कहा कि राज्य सरकारों को उन प्रलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो अपराधियों के साथ मिलकर जांच में बाधा डालते हैं श्रीमती मेनका गांधी ने राज्यों में फोरेंसिक जांच के लिए प्रयोगशालाएं खोलने में मदद की पेशकश की है उन्होंने राज्यों से बच्चों के प्रति यौन अपराध रोकने के लिए बच्चों को ई बॉक्स का इस्तेमाल करने के लिए जागरूकता पैदा करने का आग्रह किया कोन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह बाईस अप्रैल को सारण जिले के छपरा में नवनिर्मित भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की छठी बटालियन के मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे

कुछ स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश के दौरान बिजली गिरने और ओला पड़ने की भी आशंका जतायी गयी है इधर कड़ी ध्रप निकलने और आर्द्रता घटने से प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है पटना और गया अधिकतम तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है आज रोहतास जिले का डेहरी प्रदेश का सबेस गर्म स्थान रहा है जहां का अधिकतम तापमान इकतालीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया इधर भीषण गर्मी को देखते हुये पटना जिला प्रशासन ने कल से सभी स्कूलों का परिचालन सुबह की पाली में करने के निर्देश दिये हैं केन्द्र सरकार प्रदूषण फैलाने वाले करीब सात लाख ट्रकों बसों और अन्य वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए दो महीने के अंदर एक नीति तैयार करेगी आकाशवाणी से एक साक्षात्कार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव युद्धवीर सिंह मलिक ने कहा कि यह नीति बीस साल पुराने सभी पंजीकृत वाहनों पर लागू होगी और दो हजार बीस से इसे लागू किया जाएगा राज्य परिवहन विभाग ने प्रदेश में डबल डेकर बसें चलाने का नीतिगत फैसला कर लिया है विभाग आगामी जून से इसके लिए परमिट जारी करेगा पटना में सतहत्तर डबल डेकर बसें चलायी जायेगी गया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के बुधौल गांव में विषाक्त भोजन खाने से सात लोग गम्भीर रूप से बीमार हो गये जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है प्रलिस सूत्रों ने बताया कि विवाह समारोह के दौरान भोज खाने के बाद इकहत्तर लोगों ने उल्टी की शिकायत की थी कटिहार जिले में आयुष्मान भारत योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तीस अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जायेगा जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि लाभार्थियों के चयन के लिए सूची प्रमाणीकरण का अभियान जोर शोर से चलाया जायेगा लाभार्थियों के लिए एक हेल्प लाईन नम्बर एक शून्य नौ सात जारी किया गया है हमारे कटिहार संवाददाता ने बताया कि जिले में इस योजना की सफलता के लिए समिति का गठन किया गया है जिले में प्रखंड विकास पदाधिकारियों ग्राम सेवक आशा और एएनएम को इस कार्य में लगाया गया है योजना के तहत गरीब परिवारों को पांच लाख रूपये तक का चिकित्सा बीमा उपलब्ध कराया जायेगा आयुष्मान भारत के तहत वर्ष दो हजार ग्यारह की सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के आधार पर लाभार्थियों को चयनित किया जायेगा शेखप्रा जिले में ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत सात गांवों में मिशन इंद्रधनूष के तहत गर्भवती माता और शून्य से दो वर्ष आय् तक के बच्चों का टीकाकरण किया जायेगा सिविल सर्जन डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि इसके लिए पच्चीस और छब्बीस अप्रैल को अभियान चलाया जायेगा वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत जिले में लाभार्थियों की सूची के प्रमाणीकरण के लिए प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम चलाया जायेगा उत्पाद और सीमा शुल्क विभाग ने कहा है कि पटना एयर पोर्ट से जल्द माल ढुलाई और परिवहन की सुविधा शुरू होगी विभाग के वरीय पदाधिकारी ने बताया कि इस संबंध में एयर पोर्ट के अधिकारियों के साथ सहमति बन गयी है यह सेवा शुरू हो जाने से प्रदेश के फल सब्जी सहित अन्य कृषि उत्पादों को बाहर भेजे जाने में सुविधा होगी औरंगाबाद जिले में अगलगी की भीषण घटना में आज तीन लोगों की झुलस कर मौत हो गयी जबकि लाखों रूपये की सम्पत्ति नष्ट हो गयी पूलिस सूत्रों ने बताया कि जिले के बारूण थाना क्षेत्र के नारायण खाप गांव में अगलगी की घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि बीस से अधिक घर जलकर राख हो गये प्रदेश के अन्य जिलों में भी कई स्थानों पर अगलगी की घटनाएं हुई है बक्सर जिले के केसठ प्रखंड के क्लमनपुर में बिजली के तार से चिंगारी निकलने के कारण अगलगी की घटना में लगभग तीस एकड़ में लगी गेहूँ की फसल जलकर राख हो गयी जबकि कटिहार में मंगल बाजार चुड़ी पट्टी इलाके में अगलगी की भीषण घटना में लाखों रूपये की सम्पत्ति जलकर नष्ट हो गयी अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र में बिजली का तार गिरने से पति पत्नी गम्भीर रूप से झुलस गये